कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गंगा नदी को गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल और निर्मल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत अब तक तेईस हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है श्री मोदी ने कहा कि नमामि गंगे मिशन के सफल कार्यान्वयन से गंगा के किनारे बसे लगभग सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है प्रधानमंत्री आज वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी पर बने इनलैण्ड मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह का उद्घाटन के बाद एक समारोह के संबोधित कर रहे थे दो सौ सात करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया है यह भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जलमार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक पर बनाए जाने वाले चार मल्टी मॉडल टर्मिनल में पहला है इस परियोजना का लाभ बिहार को भी मिलेगा क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का बड़ा हिस्सा राज्य से होकर गुजरता है लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना व्रत कर रहे हैं चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के दूसरे दिन व्रतियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया इसके बाद छठ व्रतियों का छत्तीस घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो गया है कल विभिन्न नदी तालाब और पोखरों पर बने घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा बुधवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ पर्व सम्पन्न होगा इधर छठ गीतों से प्रदेश में वातावरण भक्तिमय हो गया है छठ को लेकर सरकार ने विशेष व्यवस्था की है वहीं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी गंगा घाट अस्थायी घाटों और सड़कों पर सफाई तथा रौशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है छठ को देखते हुए विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ जवानों और गोताखोरों को विभिन्न जिलों में छठ घाटों पर तैनात किया गया है एनडीआरएफ के जवान पटना सहित बक्सर भोजपुर और सुपौल में घाटों पर मोटर बोट के माध्यम से गश्त कर रहे हैं विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ के लिए फल और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है राज्य के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में प्रजा अर्चना के लिए दूर दराज से श्रद्वालु पहुंच गये हैं वहीं औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर के अलावा पटना शेखपुरा नवादा गया नालंदा और बक्सर के सूर्य मंदिरों में भी छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश क्मार उपमुख्यमंत्री सुशील क्मार मोदी विधान सभा के अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राज्यवासियों को छठ पर्व की श्भकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान भास्कर की पूजा से जूड़े छठ पर्व से अंतःकरण की पवित्रता और चारों ओर स्वच्छता तथा निर्मलता बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर आज बिहार प्रलिस को कड़ी फटकार लगायी है शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अपने समक्ष पेश होकर गिरफ्तारी नहीं होने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है इस मामले की अगली सुनवाई सत्ताईस नवम्बर को होगी गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अगस्त माह में बेगूसराय के चेरिया बरियारपूर स्थित पूर्व समाज कल्याण मंत्री और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के घर पर छापेमारी की थी इस दौरान पचास से अधिक अवैध कारतूस बरामद किये गये थे पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था इस मामले में मंजू वर्मा फरार है जबकि उनके पति चंद्रशेखर वर्मा ने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है पटना पूलिस लाइन में पिछले दिनों सिपाहियों के उपद्रव और हिंसा मामले में जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है पटना के जोनल आईजी एन एच खां के आदेश पर गठित एसआईटी का नेतृत्व पटना के एसएसपी मनु महाराज करेंगे इस जांच दल में कोतवाली और बुद्धाकॉलोनी के थानाध्यक्षों को भी शामिल किया गया है रालोसपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेंद्र क्शवाहा ने एक बार फिर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है श्री कुशवाहा ने रालोसपा के दो विधायकों के जदयू में जाने की अटकलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये पटना में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें इससे बहुत तकलीफ हुई है श्री कुशवाहा ने इस मामले में भाजपा से हस्तक्षेप करने की मांग की है उन्होंने कहा कि रालोसपा और जदयू दोनों एनडीए का हिस्सा है इसलिए श्री कुमार को ऐसा नहीं करना चाहिए इधर नई दिल्ली में श्री कुशवाहा और जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के बीच मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकले तेज हो गयी है उपेन्द्र कुशवाहा सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने नई दिल्ली गये थे लेकिन यह मुलाकात नहीं हो पायी इसके बाद श्री कुशवाहा पटना लौट आये है इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझ कर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होगी ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी भी नेता के बारे में नीच शब्द का प्रयोग नहीं किया है उन्होंने कहा कि वे उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित थे जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले श्री कुशवाहा एनडीए में अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं लोक जन शक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और संसाद चिराग पासवान ने कहा कि उपेन्द्र कुशवाहा एकतरफा रास्ते पर चल रहे हैं श्री पासवान ने कहा कि उन्हें कोई समस्या है तो एनडीए के भीतर ही इसका हल निकालना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी ठीक नहीं है लोजपा सांसद ने इससे पहले आज मुख्यमंत्री से पटना में मुलाकात की समझा जाता है कि दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक परिस्थतियों और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई भागलपुर और वैशाली जिले में अज्ञात अपराधियों ने आज अलग अलग घटनाओं में पच्चीस लाख रूपये से अधिक लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र अन्तर्गत मजरोही गांव में अज्ञात अपराधियों ने जदयू के जिलाध्यक्ष विभूति गोस्वामी के पेट्रोल पंप के कर्मचारी से सोलह लाख रूपये लूट लिये पेट्रोल पम्प का मैनेजर पैसे को स्थानीय बैंक में जमा करने जा रहा था इसी दौरान मोटरसाईकिल सवार अपराधियोंने वारदात को अंजाम दिया वहीं वैशाली जिले नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत हाथीसारगंज मोहल्ले में हथियारबंद अपराधी एक रसोई गैस एजेंसी के कर्मचारियों से नौ लाख चालीस हजार रूपये लूट कर फरार हो गये लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में आज अलग अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि मध्रबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत बलाट गाँव में नहर के पास एक ट्रैक्टर के पलट जाने से चालक समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी इधर मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर सड़क दूर्घटना में ट्रक के खलासी समेत दो लोगों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गया कटिहार जिले में भाकपा माले नेता उमेश यादव का आज हृदय गति रुकने से असामयिक निधन हो गया वे पैंतीस वर्ष के थे कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र स्थित खेरिया गांव में छठ घाट की सफाई करने गए दो युवकों की नदी में डूबकर मौत हो गई

कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा